प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी पंद्रह नवंबर से शुरू होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में मरूस्थलीकरण रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के चौदहवें सम्मेलन कॉप चौदह को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा देश मरूस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की कमी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र भूमि और जल नीति के अन्तर्गत जल आपूर्ति बढ़ाना और जमीन में नमी को रोके रखना जैसे उपाय शामिल हैं सरकार भुगतान बैंक केन्द्र सरकार ने आज भारतीय डाक भुगतान बैंक के जरिये आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली सेवा की घोषणा की केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवा से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग सेवा वाले इलाकों के लाखों लोगों तक वित्तीय सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने में केन्द्र के प्रयास को बहुत मदद मिलेगी वे नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे आज की शुरूआत से डाक भुगतान बैंक विशाल डाकघरों के नेटवर्क के जरिये किसी भी बैंक के ग्राहक को अन्तर संचालित बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाला देश में सबसे बड़ा तंत्र बन गया है थावरचंद गहलोत पत्रकारवार्ता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि देश मे आर्थिक मंदी जैसी कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा जिस तरह से देश में मंदी का वातावरण बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको के विलय और बैंको के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट विस्तार जैसे अनेक कदम उठाए हैं एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिये छोटे कारोबारियों को ऋण देकर उन्हें मालिक बनाने का काम किया गया है जिससे देश में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक को कानून का मसौदा तैयार करने के लिए शीघ्र समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं यह समिति एक महीने के भीतर नए कानून का मसौदा तैयार कर शासन के सामने प्रस्तुत करेगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मसौदा तैयार कर लेने के बाद इस संबंध में विशेष कानुन बनाने विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा गौरतलब है कि विभिन्न चिकित्सा संघों द्वारा अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के संबंध में कानून बनाने की समय समय पर मांग की जाती रही है

राज्य सरकार इस साल भी पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी इस साल करीब पचासी लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में कल राजधानी रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की गई

उपार्जन केन्द्रों में अवैध धान की आवक रोकने के उपाए किए जा रहे हैं बैठक में मक्का खरीदी को लेकर भी चर्चा की गई रविन्द्र चौबे पत्रकारवार्ता छत्तीसगढ़ के कृषि उपज वनोपज और हैंडलूम कोसा जैसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन तथा विक्रय को बढ़ावा देने के लिए आगामी बीस से बाईस सितंबर तक राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में बताया कि इस सम्मेलन में सोलह देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग साठ क्रेता के साथ ही देश के अन्य प्रदेशों से लगभग साठ अन्य क्रेताओं और प्रदेश से लगभग एक सौ बीस विक्रेताओं के भाग लेने की संभावना है उन्होंने बताया कि राज्य कृषि उपज मण्डी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में आमंत्रित क्रेता और विक्रेता के बीच चर्चा अनुबंध और एमओयू भी होंगे बाईस सितंबर को आम जनता सम्मेलन में प्रदर्शित वनोपजों और उत्पादों का अवलोकन करने के साथ क्रय विक्रय भी कर सकेंगी कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के पांच जिलों दंतेवाड़ा बस्तर नारायणपुर बीजापुर और गरियाबंद को पूर्ण जैविक तथा बाईस जिलों के एक एक विकासखंड को जैविक विकासखंड घोषित किया गया है इससे वनांचल क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसान उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए किए गए वार्डो के परिसीमन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के साथ ही चुनाव आयोग से मतदाता सूची परीक्षण की अवधि को बढ़ाने की मांग की जाएगी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने बताया कि नगरीय निकाय में जो परिसीमन हुआ है वह राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है भाजपा इसका परीक्षण करेगी उन्होंने कहा कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ेगी उन्होंने बताया कि आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आगामी चौदह से बीस सितंबर तक कार्यक्रम आयोजित करने सहित चार विषयों पर चर्चा हुई श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा बैलेट से नहीं बल्कि ईव्हीएम से चुनाव चाहती है बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए बारिश प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले अभी भी उफान पर है हालांकि कुछ जगहों पर बारिश थम गई है और धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा है हमारे संवाददाताओं के मुताबिक जांजगीर चांपा जिले में महानदी और बालोद जिले में तांदुला जलाशय का जलस्तर बढ़ा हुआ है प्रदेश में आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है जांजगीर चांपा जिले में पिछले दो दिनों से तेज बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ गया है जमड़ी नाला में पानी पुल से दो फीट ऊपर बह रहा है बम्हनीडीह और सारागांव मुख्य मार्ग बंद है वहीं बालोद जिले में तांदुला जलाशय का जलस्तर तीन फीट तक बढ़ गया है दूसरी ओर गरियाबंद जिले में पैरी नदी सहित सभी नदी नाले उफान पर है

जिले के देवभोग मैनपुर सहित कई इलाके बारिश से प्रभावित हैं मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में परसों ग्यारह सितंबर बुधवार को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है इस बारे में दूरदर्शन केन्द्र रायपुर से राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह की एक भेंटवार्ता का प्रसारण कल दस सितंबर और चौदह सितंबर को दोपहर साढ़े तीन बजे से किया जाएगा नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक ने निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप में नगर पंचायत बेमेतरा के उप अभियंता सहित तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है